एम्जिट पोल के बाद शेयर बाज़ार में उछाल का रूख घरेलू स्टॉक रिकार्ड स्तर पर जाकर बंद हआ

उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों का बनाया जा रहा जाली मुद्दा बृहस्पतिवार को अपना महत्व खो देगा

आज घरेलू स्टॉक रिकार्ड स्तर पर जाक बंद हआ

हमारे संवाददाता के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व मे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को पूर्ण बहमत मिलने की संभावना वाले सर्वेक्षणों के बाद बाज़ार में स्थानीय निवेशकों ने जोरदार खरीददारी की है वहीं द्सरी ओर सेबी ने शेयर बाज़ारों मे इस तेज़ी को ध्यान मे रखते हये सावधानी के कदम उठाये है और बाज़ार की गतिविधियां की बारीकी से नज़र रखी जा रही है

लोकसभा और चार राज्यों ओडिसा आंधप्रदेश अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनावों की मतगणना वृहस्पति को श्रू होगी आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने प्रमाणिक और ताज़ा परिणाम उपलब्ध कराने के लिये व्यापक प्रबंध किये है

सेक्टर दस के सरकारी मॉल स्कूल में बने मतदान केन्द्र पर दिव्यांग कर्मचारियों ने डयूटी दी

संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक सरगर्मियां तेज़ हो गई है चनाव विभिन्न पार्टियों के नेताओं द्वारा नई राजनीतिक संभावनों को तलाशने के लिये बैठके की जा रही है बीजेपी अध्यक्ष अमितशाह कल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक करेंगे नई दिल्ली में होने वोली इस बैठक में चनाव के संभावित परिणामों पर नीति तैयार की जायेगी ये बैठक विभिन्न एग्जिट पोल द्वारा बीजेपी की अग्वाई वाली एनडीए सरकार बनने की जताई गई संभावनाओं के मद्देनज़र ब्लाई गई है एनडीए नेताओं ने विश्वास प्रकट किया कि एनडीए को स्पष्ट बहमत मिलेगा द्सरी तर फ विपक्षी नेता भी किसी भी दल को बहमत ने मिने की स्थिति पैदा होने पर अपनाई जाने वाली नीति पर काम कर रहे है वे एनडीए के अलावा अन्य पार्टियों के साथ नई सरकार गठन करने की संभावनों पर विचार कर रह है

उन्होने कांग्रेस के अध्यक्ष राहल गांधी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के साथ मुलाकात की है वे विभिन्न पार्टियों के नेताओं के साथ गैर एनडीए के गठन की संभावनायें तलाश रहे है

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यालय में हर सप्ताह आम आदमी की समस्यायें सुनी जायेगी पत्रकारों से बातचीत में एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने पहले ही कह दिया था कि नरेन्द्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे

कल्पना चावला मेडिकल कालेज में डाक्टरों की कमी बारे सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कमी को जल्द दूर किया जायेगा आचार संहित के कारण काम नहीं हो पाया मौमस विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले दो दिनों में पश्चिमी विक्षोम के कारण तेज़ आंधी के चलते जींद कुरूक्षेत्र अम्बाला यमुनानगर सोनीपत सोनीपत व दक्षिण पूर्वी जिले अधिक प्रभावित होने की संभावना जताई गई है

हरियाणा सरकार व जिला प्रशासन ने लोगों से इस दौरान अपने घरों के अंदर रहने को कहा है

सीनियर मेडिकल अधिकारी डा कपिल कम्बोज ने बताया कि गांव में मरीज़ो के रक्त नमूने लिये गये है जिसकी रिपार्ट कल तक जायेगी पीने के पानी की भी जांच की गई है पानी में कोई कमी नहीं मिली है पीलिया फैलने की बजह का पता लगाया जा रहा है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग च्नाव बाद के राजनीतिक घटनाक्रम विषय पर हिन्दी और अंग्रेजी में एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा